राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी राज्य में अरब सागर की दिशा से हवा आ रही है इसके कारण फिलहाल न्यूनतम तापमान स्थिर है लेकिन अगले चौबीस घंटों के बाद इसमें बदलाव के आसार हैं